प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी आज शाम सात बजे राष्ट्रपति भवन में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी और राजनयिक भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे भारत ने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की सरकार की नीति के मद्देनजर बिम्स्टेक देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है बांगलादेश श्रीलंका किर्गिज गणराज्य म्यांमा के राष्ट्रपति तथा मॉरिशस नेपाल भूटान के प्रधानमंत्री और थाइलैंड के विशेष दूत इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही कई राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री फिल्म अभिनेता उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी संरकार देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है आज शाम को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले नरेन्द्र मोदी इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गये और शहीदों को श्रद्धांजलि दी इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री सदैव अटल समाधि भी गये और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्दासुमन अर्पित किये

उत्तराखण्ड बोर्ड के सभापति आर के कवर ने रामनगर में नतीजे जारी किये

उत्तराखण्ड बोर्ड के सभापति ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में इस बार फिर से बालिकाओं का दबदबा देखने को मिला

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाए और बधाई दी है

सुरभि ने बताया कि वह भविष्य में बेहतर इंजीनियर बनना चाहती है

मौसम पिछले कई दिन से मौसम के लगातार शुष्क बने रहने के कारण गर्मी की मार तेज हो गई है राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार हल्द्वानी ऊधम सिंह नगर आदि मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही तन झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है जिससे लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं मौसम विभाग की मानें तो अभी तीन चार दिन किसी तरह की राहत की उम्मीद भी नहीं है मानसून के मामले में भी प्रदेशवासियों को पिछले वर्षो के मुकाबले इस वर्ष कुछ लंबा इंतजार करना पड सकता है

लगातार बढ़ रहे तापमान को लेकर रूड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है संस्थान के वैज्ञानिक एल एन दुकराल का कहना है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जंगलों का कटान भी हो रहा है

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के जिलाधिकारी मेयर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों पार्षदों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिये श्री कौशिक ने सभी आयुक्तों चेयरमैन ईओ आदि से अपने अपने क्षेत्रों में डोर ट् डोर कलेक्शन घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदेश दिये हैं उन्होंने कहा कि निकाय अपनी आय खुद अर्जित करने के लिए कम्पोस्ट निर्माण की दिशा में प्रयास करें बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यावरण दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा स्मृति वन और वृहद स्तर पर सफाई स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा मुख्य सचिव केदारनाथ मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने कहा है कि केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माणाधीन प्नर्निर्माण कार्यो की मॉनिटरिंग पीएमओ कॉर्यालय से निरन्तर की जा रही है मुख्य सचिव ने केदारनाथ पहुंचचकर वहां चल रहे निर्माणाधीन पुनर्निर्माण कार्यो का जायजा लिया और कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय के अंदर काम पूरा करने को निर्देश दिए मुख्य सचिव के साथ पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी थे उन्होंने मंदिर परिसर शंकराचार्य समाधि स्थल मंदाकिनी नदी पर स्थित आस्था पथ सरस्वती घाट पर चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया बैठक चमोली गढ़वाल मण्डल आयुक्त डॉ बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने चमोली के नवसुजित जिला विकास प्राधिकरण की पहली बैठक ली बैठक में गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि प्राधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनता को सुविधाएं देना है